आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले दिन से ही सरकार कुशासन से लोगों को हुए कष्टों को दूर करके उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री कोविंद ने कहा कि नया भारत गुरुदेव रवीद्रनाथ ठाकुर के उन आदर्शों को लेकर आगे बढ़ेगा जिनमें लोगों के निडर होने और गर्व से अपना सिर ऊंचा रखने की बात कही गई है उन्होंने कहा कि नए भारत के विचार को श्री नारायण गुरु के आदर्शों से भी प्रेरणा मिली है सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब प्रत्येक किसान को देने का फैसला किया गया है

बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए एक समिति गठित करेंगे यह समिति अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में सौंपेगी श्री सिंह ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने बैठक के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन किया

केंद्रीय बिजली एवं नई और नवीकरणीय उर्जा स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री आर के सिंह ने लोअर दिवांग वैली जिले में दिवांग बहुआयामी परियोजना कार्य को जल्द ही शुरु करने का आश्वासन दिया है केंद्रीय मंत्री ने यह आश्वासन कल नई दिल्ली में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन के साथ हुई बैठक में दी केंद्रीय मंत्री ने राज्य में बिजली क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विकास के लिए अपना सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है उप मुख्यमंत्री द्वारा छह सौ मेगावाट वाली कामेंग जलविद्युत परियोजना के साथ हो रही तकनिकी समस्याओं की जानकारी पर श्री सिंह ने कहा कि कामेंग जलविद्युत परियोजना के दो मशीनों को जल्द ही चालू किया जाएगा और बाकी दो मशीनों को छह महीने के बाद चालू किया जायेगा श्री मैन ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के कई वर्षों के बाद भी परियोजना कार्य में प्रगति करने में सक्षम न होने के कारण जलविद्युत परियोजना के बाईस बिजली उत्पादको को बंद कर दिया गया गृहमंत्री बामंग फेलिक्स ने बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की बुनियादी ढांचों सहित सभी मुद्दों को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ उन्नयन के लिए उचित मंच के साथ उठाने का आश्वासन दिया गृहमंत्री ने यह आश्वासन गत मंगलवार को प्रलिस प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने के बाद दिया

कांमेंग जिले का तामिन बैले सस्पेंशन पुल का पुनुरुद्वार कार्य पूरे जोरो पर चल रहा है गत दस जून की आधी रात को जब एक भारी भरकम ट्रक द्वारा कमजोर पुल के उपर से पार करने की कोशिश में पुल का कॉर्ड टूट गया था पुनरुद्धार का कार्य ईटानगर स्थित निजी फर्म तामा फेब्रिकेशन वर्क्स द्वारा किया जा रहा है कामले जिला उपायुक्त मोकी लोई सहित पी डब्लू डी के अधिकारियों ने कल पुल का निरीक्षण कर पुनुरुद्वार कार्य की प्रगति का जायजा लिया ईटानगर स्थित राजीव गांधी राजकीय पॉलिटेकनिक में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का कल दौरा करते हुए एन सी सी मुख्यालय तेजप्र ग्र्प कमांडर ब्रिगेडियर के एस राव ने कैडेटो को शिविर से ज्ञान लेते हुए धर्म निरपेक्ष अनुशासन और देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने को कहा श्री राव कैडेटो को दस दिवसीय शिविर के दौरान आयोजित होने वाले सभी गतिविधियों में भाग लेने को भी कहा महात्मा गांधी द्वारा निस्वार्थ सामाजिक सेवा का प्रचार करने के महत्व को दौराते हुए उन्होंने कैडेटों को स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया भूगर्भ और खनन विभाग के सचिव बिदोल तायेंग ने राज्य में भूगर्भ और खनन से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि खनीजों के अवैध खनन और उसकी दुलाई को रोकने के लिए कड़ी निगरानी करना जरुरी है आज ईटानगर में विभाग के समनव्यय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री तायेंगे ने कहा कि खनन में अवैज्ञानिक ढंग से होने वाले खनन को भी रोकना जरुरी है बैठक में खनन दुलाई से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की गई